सिवनी कलेक्टर राहल दास ने बताया कि शहर में कल एक कोरोना संकमित का देर रात उपचार के दौरान निधन हो गया सिवनी में कोरोना संक्रमण से यह पहली मौत है टीकमगढ़ में पिछले दिनों से जारी लाकडाउन आज समाप्त कर दिया गया

कटनी में एक महिला और उसके दो बच्चों ने कोरोना को मात दी है ये तीनों गाजियाबाद से आए थे कल इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई ग्वालियर कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए लॉकडाउन में सख्ती की जा रही है अब केवल दोपहर दो बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे

कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण दतिया जिले में भी लॉकडाउन सख्ती से किया जा रहा है

बाहर आने वाले किसी भी तरह के माल वाहनों और यात्रियों को नहीं रोका जायेगा

उर्वरक खाद राशन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में उर्वरक और खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी आवश्यकता के अनुसार इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री से आग्रह किया गया है श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिरिक्त उर्वरक प्राप्त करने के संबंध में यथासमय कार्यवाही पूर्ण करें उन्होंने कल वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशन वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि कुछ जिलों से उपभोक्ता भंडार द्वारा गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही है जिनकों खत्म किया जाना चाहिए

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस योजना की शुरूआत करेंगे

पहली घटना छिंदवाड़ा के मोहखेड़ में हुई जहां आमने सामने दो मोटर साइकिलों के टकराने से दो लागों की मौत हो गई वहीं चौरई और जुन्नारदेव थाना अंतर्गत हुई दो अलग अलग दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई उधर नरसिंहपुर के करेली में फोर लाइन सड़क पर हादसे में एक डिप्टी रेंजर की मौत हो गई इसी बीच रीवा सतना मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटर साइकिल को अपनी चपेट में ले लिया इसमें दो लोगों की मौत हो गई मौसम प्रदेश में मानसून की सक्रियता के कारण विभिन्न जिलों में लगातार बारिश जारी है होशंगाबाद सहित पूरे जिले में बारिश का सिलसिला जारी है इससे शहर के निचले हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई

इन महिलाओं को सिलाई कड़ाई में हुनरमंद बनाने के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है